उन्होंने कहा कि नए विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्त बनेंगे और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि कई ताकतें नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में किसानों को ग्मराह कर रही हैं

उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे सीएम कृषि विधेयक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लोकसभा में पारित कृषि सुधार से संबंधित विधेयकों को ऐतिहासिक बताते ह्ए कहा कि किसानों की उन्नति में ये महत्वपूर्ण कदम है किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने और उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होंगे इससे किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कृषि विधेयक लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का धन्यवाद किया है सीएम पिथौरागढ़ दौरा म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावितों के प्नर्वास की व्यवस्था की जाएगी पिथौरागढ़ के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने आज आपदाग्रस्त क्षेत्र तहसील बंगापानी के राहत शिविर में आपदा प्रभावितों की समस्याएं सुनी उन्होंने आश्वासन दिया कि अब पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा नीति बना दी गई है उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित व्यक्ति को रोजगार से जोड़ा जाएगा और आपदा प्रभावितों को मानक से बढ़कर ही मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी

विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि आगामी मॉनसून सत्र में विधायक अपने जिला मुख्यालय से ही वर्ष्यअल रूप से भाग ले सते हैं इसके लिए एनआईसी के माध्यम से प्रत्येक जिला केंद्रो पर जुड़ने की व्यवस्था की जा रही है विधानसभा अध्यक्ष ने एनआईसी के अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा की उन्होंने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र देहरादून स्थित विधानसभा भवन के सभा मंडप में ही संचालित किया जाएगा

इससे पहले कल विधानसभा अध्यक्ष ने म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार का निरीक्षण किया

केंद्र सरकार दवारा लगभग एक लाख करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हई हैं राज्य सरकार के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर वर्च्अल प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रही है

परिस्थितियों के अन्सार निर्णय लिये जा रहे हैं सर्विलांस सैम्पलिंग और टेस्टिंग पर फोकस किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में पर्याप्त संख्या में कोविड अस्पताल आइसोलेशन बेड आईसीयू बेड आक्सीजन सपोर्ट बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सेवा प्रारम्भ की गई है बदरीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान बनाया गया है म्र्ख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण को उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है उन्होंने कहा कि ई कैबिनेट ई ऑफिस सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष सीएम हेल्पलाईन सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्यसंस्कृति में ग्णात्मक स्धार हुआ है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सरकार की प्रमुख नीति है राज्य सरकार कार्यकाल राज्य सरकार के साढ़े तीन साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने म्ख्यमंत्री को बधाई दी है

वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस दावे पर आपत्ति जताई है प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने महंगाई दूर करने रिक्त पदों पर भर्ती जैसी मांगें पूरी नहीं की हैं सेवा सप्ताह भाजपा के सेवा सप्ताह के तहत अल्मोड़ा में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया

जिन पर्वतीय जिलों में ब्लड बैंक नहीं है वहां की सूची तैयार कर जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाने की कोशिश की जाएगी

ऊधमसिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजग्रू ने इसकी प्ष्टि की उनके सैम्पल तीन दिन पहले जांच के लिये भेजे गये थे सेंट्रल जेल में यह पहली बार है जब कोरोना के इतने अधिक मामले सजायाफ्ता बंदियों में सामने आये हैं

जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं उन्होंने कहा कि रूद्रप्र में तीन सौ बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल संचालित हो गया है जरूरत पड़ने पर गंभीर संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराया जा सकेगा

सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जिले में तैनात सभी सीआरटी बीआरटी चिकित्सक सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट पर्यावरण मित्र प्लिस औरअन्य कार्यों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी टीम भावना से अच्छा कार्य कर रहे हैं

इसका निश्चितकाल नहीं है